प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह दस बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

जरूरत के मुकाबले दोगुना भंडार है उपलब्ध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह दस बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे वे इस बारे में घोषणा कर सकते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढाई जाये या नही श्री मोदी ने शनिवार को विडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया था प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर आम सहमति बन गई है प्रधानमंत्री ने बीस मार्च और दो अप्रैल को भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही चर्चा की थी इक्कीस दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा चौबीस मार्च को की गई थी प्रधानमंत्री ने आठ अप्रैल को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी चर्चा की

बिहार सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण इलाकों में रोजगार सुजन के कार्यक्रम फिर से शुरू करने का निर्णय किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विभिन्न प्रमंडल के आयुक्तों के साथ बैठक में यह निर्णय किया उन्होंने अधिकारियों को वैसे मजदूरों को उनके घर के पास ही ऐसे कार्यक्रम का लाभ देने का निर्देश दिया इस कार्यक्रम को जल्द शुरू करने को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार कार्यक्रमों के दौरान कामगारों के बीच शारीरिक दूरी का अनुपालन कराया जाये मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिये तालाब जीर्णोद्धार और बाढ़ रक्षा कार्य शुरू करने को कहा श्री कुमार ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि फसल कटाई के कार्य बिना बाधा के उनके जिलों में संचालित किये जाये इस बात का भी ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है कि किसानों और खेतिहर मजदूरों को फसल कटाई में कोई दिक्कत न हो केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी द्रदर्शन समाचार को दिये साक्षात्कार में श्री पासवान ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीस लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज भेजा गया है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्यों को सबके लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं उनके लिए भी अनाज आपूर्ति करने को कहा गया है साउंड बाईट देश की जनता को यह अश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पास में खाद्यान की कमी नहीं है और जितना जरूरत है उससे हमारे पास में दोगुना अधिक हमारे पास में खाद्यान है

केन्द्र यह सुनिश्चित कर रहा है कि किफायती दवाएं देशभर के जनऔषधि केन्द्रों में उपलब्ध हों रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वर्तमान मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री जन औषधि कोन्द्रों के कर्मी राष्ट्र की सेवा में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं साउंड बाइट कोरोना वायरस के प्रसार के चलते देशमर में हुए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के जरिये देशमर के आम नागरिकों को सस्ते दामों पर गुणवत्तापूर्ण जैनरिक दवाइयां मुहैया कराई जा रही है

आम जनता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम भी उपलब्ध है जिसके जरिये लोग अपने निकटतम जन औषधि केन्द्र का पता लगा सकते है साथ ही दवाओं की उपलब्धता और इसकी कीमत की जानकारी भी ले सकते है

सुपर्णा सैकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर पैंसठ हो गयी है नया मरीज बेगूसराय में पाया गया है वहीं उनतीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं इधर सिवान और बेगूसराय में जिन इलाकों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है वहां एनडीआरएफ द्वारा इलाकों को विषाणु मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है

इस महामारी से तीन सौ चौबीस लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सात हजार नौ सौ सतासी लोगों का उपचार चल रहा है मंत्रालय ने बताया कि नौ सौ उनासी लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं नालंदा जिले में बिहारशरीफ के कई मुहल्लों में कोरोना वायरस के चौदह संदिग्ध मरीज मिले हैं इसके बाद इलाकों को सील कर सभी संदिग्धों को एक होटल में क्वारंनटाईन में रखा गया है पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या ये सभी लोग नवादा के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आये थे या नहीं बेगूसराय जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर तेरह हजार से अधिक लोगों को क्वारंटाईन में रखा गया है गौरतलब है कि जिले में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर आठ हो गयी है

महामारी पर नियंत्रण के लिए सरकार ढांचागत सुविधाएं और निगरानी बढ़ाने की रणनीति पर विशेष ध्यान दे रही है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री और गृहमंत्री स्तर पर विचार विमर्श के बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में संक्रमण की जांच सुविधा तत्काल आधार पर बढ़ाई जा रही है श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है उपचार के लिए छह सौ एक विशेष कोविड अस्पतालों में एक लाख पांच हजार बेड तैयार रखे गए हैं

बींग ओवर प्रीपेयर बींग एक्ट्रा कॉसस देश के लेवल पर हम अपने नम्बर ऑफ डेटिकेटेट कोविड हॉस्पिटल और इसके साथ ही नम्बर ऑफ अवेलबल आइसोलेसेशन बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं यह बहत इम्पोटेट हैं क्योंकि इस महामारी में एक्सपोनेशियल राइज हो सकता है तो देश के लेवल पर एक अंडरस्टेडिंग एक एफर्ट यह है कि उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीपेयर रहे स्वास्थ्य मंत्री मंडल पांडेय ने कहा है कि बिहार देश में दूसरा ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य में तैंतालीस प्रतिशत कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं उन्होंने कहा कि सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में प्रसव और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं और जल्द ही जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में ओपीडी सेवा को भी बहाल किया जायेगा केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतरराज्यीय और किसी राज्य के भीतर सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को लाइसेंसधारक एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ आने जाने की अनुमति है मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार माल उठाने अथवा डिलीवरी के बाद वापसी के समय खाली ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को भी आने जाने की अनुमति होनी चाहिए स्थानीय अधिकारियों को ट्रक चालकों और क्लीनरों को उनके निवास से ट्रकों के स्थान तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों को रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इन वस्तुओं की किल्लत हो सकती है कोविड महामारी से बचाव में चिकित्सकों ने फेस मास्क को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है जी बी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने मास्क के उपयोग के बारे में कहा कि घर से बाहर निकलते समय उन्हें पहनना महत्वपूर्ण है

लेकिन आप बाहर जा रहे है या किसी और काम के लिए बाहर निकल रहे है तो यह बेहतर होगा कि आप मास्क का प्रयोग करें इससे आपकी सुरक्षा तो होगी ही दूसरे लोगों की सुरक्षा भी होगी

केन्द्र सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन के मद्देनजर लोगों के राहत के लिये घोषित योजनाओं का लाभ उन्हें सुगमता से मिले हमारे संवाददाताओं ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुछ लाभार्थियों से बातचीत की

एक रिपोर्ट साउंड बाइंट सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखे और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेंडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंखें नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीडि़त है तो वह दूसरो के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

अरवल जिले में पंद्रह अप्रैल से व्यवहार न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये न्यायिक कार्य किये जायेंगे मुंगेर जिले में जिलाधिकारी ने लोगों से सब्जी फल और मछली मार्केट में सामाजिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है इधर जिले में कोरोना संक्रमण के तीन सौ इकतीस नमूनों में से तीन सौ चौबीस की रिपोर्ट निगेटिव आयी है कटिहार जिले में लॉकडाउन के कड़ाई से अनुपालन के लिये चौदह अंतर राज्यीय चौकियों पर पुलिस बल की तैनाती की गयी है वहीं जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में दस लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है पश्चिम चंपारण जिले में डाक विभाग ने लोगों को नकदी की समस्या दूर करने के लिये डाकघर बैंक खाता धारकों के लिये डोर स्टेप सर्विस की शुरूआत की है शेखपुरा की जिलाधिकारी ने गड़बड़ी पाये जाने पर बरबीघा नगर क्षेत्र के दो जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का लाईसेंस रद्द कर दिया है राज्य सरकार ने कोरोना संकट के मददेनजर राज्य के हड़ताली शिक्षकों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि विषम परिस्थिति में शिक्षकों का दायित्व बड़ा है इसलिए उन्हे हड़ताल समाप्त कर कोरोना पीड़ितों की सेवा और महामारी दूर करने में अपना योगदान देना चाहिये और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह दस बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

जरूरत के मुकाबले दोगुना भंडार है उपलब्ध